स्लग सर्विस सेक्टर सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही वेलनेस योगा आयुर्वेद और पर्यटन पर आधारित संयुक्त रूप से एक समिट का आयोजन किया जायेगा इससे राज्य को इस क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और अधिक से अधिक निवेशक राज्य के प्रति आकर्षित होंगे देहरादून में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बड़ी संख्या में ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना की जा रही है

सोलर पावर की दिशा में भी कदम बढ़ाये गये हैं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के लिए आकर्षक फिल्म नीति लागू की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शूटिंग के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग स्टूडियो के निर्माण में निजी संस्थान आगे आये हैं एक संस्थान कोटद्वार में खुल गया है दूसरा देहरादून में शुरू होने वाला है स्लग मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उधमसिंहनगर जिले में ड्रिप और स्प्रिंकल द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहित कर रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव ने देहरादून में प्रदेश के आकांक्षी जिलों उधमसिंहनगर और हरिद्वार के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य पोषण शिक्षा कृषि और कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में लक्ष्यों का निर्धारण कर योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिये मुख्य सचिव ने चिकित्सा विभाग को हरिद्वार जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों और स्त्री रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाये जाने की हिदायत भी दी वहीं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने चमोली और चम्पावत जिलों द्वारा स्वीकृत बजट के सापेक्ष कम धनराशि खर्च करने पर नाराजगी व्यक्त की

अब तक भाजपा प्रदेश में साढ़े आठ लाख लोगों कों सदस्य बना चुकी है प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि सदस्यता अभियान को बीस अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान का लक्ष्य ग्यारह लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का है देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर आज नैनीताल से लोकसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई बैठक में श्री भट्ट ने बताया की अभी तक साढ़े आठ लाख लोगों ने पार्टी की सदस्यता हासिल की है

उन्होंने बताया कि अभियान के जरिये बूथ कार्यकर्ता लोगों को पार्टी की सदस्यता के लिए प्रेरित करेंगे स्लग सीएम संदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज जारी किया है

उन्होंने कहा कि इस साल को हम रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने अठारह हजार नौकरियों का रास्ता खोला है जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी श्री रावत ने युवाओं से किसी के बहकावे में नहीं आने की सलाह भी दी है साथ ही कहा है कि आपको अपनी तैयारी और योग्यता के दम पर ही सफलता मिलेगी

प्रवक्ता ने कहा कि राजनयिक संबंधों का स्तर कम करने और समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थगित करने का पाकिस्तान का फैसला एक पक्षीय हैं प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का वायु क्षेत्र बंद नहीं है केवल कुछ रास्ते बदले गए हैं इस बीच जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार आया है और गतिविधियां सामान्य हो गई हैं स्लग रोटावायरस टीकाकरण अभियान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में डायरिया से बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार के रोटावायरस टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभियान चलाने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी हर अभियान को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति फील्ड कार्यकर्ता होता है उन्होंने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से पूरी निष्ठा के साथ बच्चों को दवा पिलाने की अपील की स्लग जवानों को राखी देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवानों के लिए रूड़की स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से राखी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं वाले ग्रीडिंग कार्ड बनाए हैं विद्यालय के प्राचार्य विपिन त्यागी ने कहा कि सेना के जवान त्योहारों पर अपने घर भी नहीं आ पाते हैं इसलिए उन देशभक्तों के लिए स्कूल के बच्चों ने अपने हाथों से सुंदर राखियां और कार्ड बनाये हैं जिससे सैनिकों को अपनों की कमी महसूस न हो सके ये सभी राखियां और कार्ड बीईजी केंद्र के ब्रिगेडियर के माध्यम से जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जवानों तक पहुंचायी जाएंगी

इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित भी किया गया नीरज के मुताबिक यह एक ऐसा टैंक है जिसमे प्रेशर पैड लगा है इसमें चढ़ने पर प्रेशर पड़ता है जिससे पानी खुद नल से निकलने लगता है टैंक से नीचे उतरने पर पानी अपने आप बन्द हो जाता है उनका यह मॉडल दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है और प्रधानमंत्री के जल संरक्षण का भी हिस्सा है

फिनलैंड के डिप्टी हेड ऑफ मिशन एंबेसी एरिक अफ हलस्ट्रोम ने मुख्य सचिव से मुलाकात की उन्होंने राज्य हित से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर मुख्य सचिव से चर्चा की मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि इन्वेस्टर्स समिट के बाद से राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं उन्होंने श्री हलस्ट्रोम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स ट्रेनिंग में सहयोग का अनुरोध किया इसके साथ ही पर्यटन स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया श्री हलस्ट्रोम ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में फिनलैंड और उत्तराखण्ड के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा स्लग समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों द्वारा खेती और कृषि के विकास के क्षेत्र में की जा रही पहल का अध्ययन होना चाहिए उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान रूद्रपुर की बोर्ड ऑफ गवनर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान को नये उत्पादों की प्रयोगशाला बनने की दिशा में कार्य करना चाहिए उन्होंने ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान में विधायकों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को कहा जिससे विधायकों को भी ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों और उनके कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त होंगी उन्होंने ग्रामीण विकास और आर्थिकी की मजबूती के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये स्लग बीज बम टिहरी टिहरी में जंगलविहीन स्थानों पर वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से पहली बार ड्रोन की मदद से बीज बम का प्रयोग सफल रहा प्रदेश में पहली बार ड्रोन में डिवाइस लगाकर बीजों का प्रक्षेपण किया गया यह तकनीक उन जगहों के लिए उपयोगी साबित होगी जहां पर मानव खुद वृक्षारोपण नहीं कर सकता है सीडीओ आशीष भटगांई और प्रभागीय वनाधिकारी डॉ कोको रोसे ने ड्रोन डिवाईस का ट्रॉयल करवाया सीडीओ ने कहा कि इस तकनीक का प्रयोग करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी